श्री मोदी ने कहा ये परियोजनाएं मॉरिशस के विकास के प्रति भारत की दु ढ़ प्रतिबद्वता का प्रतीक हैं

राज्य विधानमंडल का छत्तीस घंटे का अनवरत विशेष सत्र सम्पन्न विपक्ष के बहिष्कार के बीच कई पार्टियों के सदस्य सदन प्रदेश में विधानसभा की ग्यारह सीटों के लिये होने वाले उप चुनाव में एक सौ दस उम्मीदवार मैदान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगन्नाथ ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मॉरिशस में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उदघाटन किया ये परियोजनाएं है मेट्रो एक्सप्रेस प्रथम चरण और नये ईएनटी अस्पताल की स्थापना इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दोनों परियोजनाएं मॉरिशस के विकास के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्वता का प्रतीक है उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्घाटन दोनों देशों के बीच साझा इतिहास विरासत और सहयोग के एक नये युग का शुभारम्म है प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो एक्सप्रेस लोगों को स्वच्छ दक्ष और तेज परिवहन सुविधा उपलब्ध करायेगी तथा इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि कान नाक और गला यानी ईएनटी अस्पताल से लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाए मिलेंगी इस अवसर पर श्री जगन्नाथ ने कहा कि मॉरिशस की जनता इनके लिए भारत की आभारी रहेगी दो हजार सोलह में भारत ने मॉरिशस को पांच परियोजनाओं के लिए पैंतीस करोड़ तीस लाख डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराया था केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर समाप्त करने से आतंकवाद को बड़ा झटका लगा है और राज्य के विकास के रास्ते खुले हैं श्री शाह कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करने के बाद बोल रहे थे

कस्मीर के विकास में जो अवरोध थे वो सारे अवरोध हट चुके हैं और मुझे भरोसा है दस साल के अंदर हमारा कस्मीर देश का सबसे विकसित राज्यों की सूची के अंदर आयेगा और आज ये रेलवे के माध्यम से इसकी शुरूआत हुई है इस अवसर पर रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले कुछ दिनों में देश के साढे छह हजार स्टेशनों में वाई फाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह छः बजे रवाना होगी और दिन में दो बजे कटरा पहुंचेगी यह रेलगाड़ी अम्बाला कैंट लुधियाना और जम्मू तवी स्टेशनों पर दो दो मिनट रूकेगी उसी दिन यह रेलगाड़ी दिन में तीन बजे वापस कटरा से रवाना होकर रात ग्यारह बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी मंगलवार को छोड़कर यह सप्ताह के सभी दिन चलेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरूआत को श्रद्वालुओं के लिए नवरात्र का उपहार बताया है उन्होंने कहा है कि इस रेलगाड़ी से सम्पर्क और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पैसे देकर छापी जाने वाली खबरों से फर्जी खबरें ज्यादा खतरनाक हैं उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ सरकार और मीडिया को मिलकर काम करने की जरूरत है नई दिल्ली में कल श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज को रोकना ही होगा और यह केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है सभी को इसके लिए मिलकर काम करना होगा उन्होंने कहा कि जो लोग सही समाचारों के व्यवसाय में हैं उन्हें इसे रोकने के लिए संघर्ष करना होगा

नई दिल्ली में कल श्री पासवान ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षित भंडार से अब तक अट्ठारह हजार टन प्याज बाजार में उपलब्ध कराया गया है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के उप चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रदेश से उम्मीदवार होंगे यह सीट पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन से रिक्त हुई है राज्य विधानमंडल का छत्तीस घंटे तक अनवरत चला विशेष सत्र कल रात ग्यारह बजे सम्पन्न हो गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लोकतंत्र की अद्भुत घटना बताते हुए कहा कि बुधवार सुबह ग्यारह बजे से सदन की जो कार्यवाही प्रारम्भ हुई वह अनवरत छत्तीस घंटे तक चलती रही इस दौरान विधानसभा और विधान परिषद में क्ल एक सौ उन्वास सदस्यों ने अपने विचार रखे मुख्यमंत्री ने कहा कि दो सदनों की चर्चा रात भर चलना लोकतंत्र के प्रति हम सबके विश्वास को भी प्रदर्शित करता है कल विधान परिषद में अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास का एजेंडा किसी विशेष धर्म जाति या भाषा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की अवधारणा पर हर वर्ग के विकास के लिये काम कर रही है श्री योगी ने कहा कि सदन में संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास के लक्ष्यों पर विचार विमर्श करके कार्ययोजनाएं बनाई जायेंगी गौरतलब है कि विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद कल विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्य और वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव नितिन अग्रवाल और बहुजन समाज पार्टी के विधायक असलम रायनी ने सदन की कार्यवाही में भाग लिया इन सभी सदस्यों ने राज्य सरकार की योजनाओं और मुख्यमंत्री की कार्यशैली की प्रशंसा की परसों कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने सदन में अपना वक्तव्य रखा था महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में दो अक्टूबर से शुरू हुये विधानमंडल के दोनों सदनों में इन सतत विकास के लक्ष्यों पर चर्चा की गयी एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से उच्च सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को देश में अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है

इस विशेष सत्र के समूचे विपक्ष द्वारा बहिष्कार के बीच सपा बसपा और कांग्रेस के कई सदस्य पार्टी लाइन से हटकर सदन में आए और उन्होंने सरकारी योजनाथों की तारीफ की सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव ने सदन में पहुंचकर कहा प्रदेश एक ईमानदार मुख्यमंत्री के हाथों में है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में विधानसभा की ग्यारह सीटों पर होने वाले उप चुनाव के लिये नामांकन पत्र वापस लेने की कल आख़िरी तारीख के बाद इन सभी सीटों पर कुल एक सौ दस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लखनऊ कैंट और अम्बेडकरनगर की जलालपुर सीट से सबसे अधिक तेरह तेरह प्रत्याशी राजनैतिक भाग्य आजमायेंगे जबकि घोसी में बारह और सहारनपुर की गंगोह प्रतापगढ़ और बहराइच की बलहा सुरक्षित सीट से ग्यारह ग्यारह कानपुर की गोविन्दनगर और मानिकपुर सीट से नौ नौ और रामपुर जैदपुर तथा इगलास से सात सात प्रत्याशी चुनावी समर में हैं इन सभी सीटों पर इक्कीस अक्टूबर को मतदान होगा और चौबीस अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी लखनऊ से नई दिल्ली रेलमार्ग पर चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का शुभारम्भ आज लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा कर करेंगे यह ट्रेन मंगलवार को छोड़ कर हफ़्ते में छह दिन चलेगी ट्रेन संचालन की तैयारियों और विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित भारत की इस पहली कॉरपोरेट ट्रेन के बारे में इंडियन रेल केटरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अश्वनी कुमार ने हमारे संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी को बताया तेजस ट्रेन को शुरू करने के लिये पूरी तैयारियां हो चुकी है ट्रेन का सफल ट्रायल हम पहले ही कर चुके हैं इसके अलावा आज बोर्ड यात्रियों को सुक्धियां दी जानी है वह सारी पूरी कर ली गई है यात्रियों की बुकिंग का मी काफी अच्छा रिस्पांस है

निश्चित रूप से यह एक बिजनेस क्लास संगमेंट के लिये ट्रेन है जो दिल्ली वर्किंग टाइम तक जो बिजनेस टाइम में पहुंच सके दोपहर में तो उनके लिये यह ट्रेन काफी उपयोगी होगी इसके अलावा ट्रेन में हम ऐसी सुविधाएं देने जा रहे है कि सभी क्लास के लोग ट्रेन में यात्रा का लाभ उठा सके गोरखपुर के बी आर डी मेडिकल कालेज में वर्ष दो हजार सत्रह में हुई बच्चों की आकस्मिक मृत्यु के मामले में डॉ कफील खान को शासन की तरफ से क्लीन चिट नहीं दी गयी है प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुवे ने कल लखनउ में लोकभवन में पत्रकार वार्ता में बताया कि डॉ कफील अहमद खान मीडिया माध्यमों और सोशल मीडिया पर जांच रिपोर्ट के निष्कर्षो की स्वैच्छिक व भ्रामक व्याख्या करते हुए खबरें प्रकाशित करा रहे हैं